परीक्षा पे चर्चा के तीसरे चरण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के सुदपयोग के लिए टैक्नोलोजी को नियंत्रित रखना चाहिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा के दौरान पढ़ाई के अलावा अन्य कारणों से भी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं प्रधानमंत्री ने पठन पाठन के अलावा अन्य गतिविधियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां में भाग नहीं लेने से व्यक्ति रॉबोट की तरह हो जाता है उन्होंने कहा कि अस्थाई विफलता का यह मतलब नहीं है कि सफलता आपका इंतजार नहीं कर रही है वास्तव में विफलता का सीधा मतलब है कि आपका सबसे अच्छा योगदान आना अभी बाकी है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा एग्जाम वॉरियर पुस्तक पढ़ने को कहा जिससे उन्हें सभी सवालों का हल ढूंढने में मदद मिलेगी इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना और देखा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम को बेहद फायदेमंद बताया भाजपा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को आज सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया भाजपा के चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उन्हें निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया इससे पहले नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जगत प्रकाश नड्डा के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल किए थे जगत प्रकाश नड्डा को पिछले वर्ष जुलाई में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था और वे लंबे समय से भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वे कैबिनेट मंत्री थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बड़े ही गौरव की बात है

बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एचपीबीओएसई डॉट ओआरजी पर परीक्षा परिणाम संबंधी जानकारी ले सकते हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

लाहौल स्पीति और किन्नौर ज़िलों में बर्फबारी के कारण कई भागों में पेयजल स्रोतों के जमने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं किन्नौर जिले में अधिकांश स्थानों पर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गई है

चम्बा जिले में पांगी घाटी की शूण पंचायत के उदीन हिल टाउन और संधारी में पिछले तीन हफ्तों से विद्युत आपूर्ति ठप्प है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है शूण पंचायत की उपप्रधान शांता शर्मा ने प्रशासन से विद्युत आपूर्ति जल्द बहाल करने का आग्रह किया है

यह उड़ानें मौसम पर निर्भर करेगी सरस मेला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिए ऊना में सरस मेले का आयोजन किया जाएगा